केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय ने झारखंड में सोलर सिटी बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है इस योजना के तहत राज्य में एक ऐसा शहर होगा जिसमें सभी घरों की छत पर सोलर पावर प्लांट लगेगा इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और जरेडा को राज्य में ऐसा शहर चिन्हित करने का निर्देश दिया है जहां सूरज की रोशनी साल के अधिक दिनों तक रहती है वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले एक लाख बत्तीस हजार से अधिक लोगों को घर उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी है राज्य सरकार ने आवास उपलब्ध कराने को लेकर केन्द्र को सूची भेजी थी जिसे सहमति दे दी गई है केन्द्र सरकार ने सूची में शामिल लोगों के नाम आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया है वहीं राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार नब्बे प्रतिशत लोगों का नाम आधार से जोड़ दिया गया है जबकि शेष लोगों को जोड़ने के लिए निर्देश जारी किया गया है राज्य भर के दो हजार आठ सौ सतर कोरोना संक्रमितों में से अब तक दो हजार अड़सठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं कल तेईस मरीज स्वस्थ हुए हैं वहीं दूसरी ओर राज्य भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान पचपन नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या सात सौ बिरासी हो गई है अब तक राज्य में कोरोना से बीस लोगों की मौत हो चुकी है इधर हजारीबाग में कल देर शाम पांच कोरोना संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ संजय कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की सभी पांच कोरोना संक्रमितों को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जामताड़ा जिले के ग्रीन जोन में रहने के बाबजूद कोरोना की रोकथाम को लेकर पहल की जा रही है स्वास्थय विभाग की टीम जिले के थानों बैंको और सार्वजनिक स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों के सैंपल एकत्र कर जांच कर रही है पिछले दिनों जामताड़ा में मिले अठाईस कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं वर्तमान में जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ दुर्गेश झा ने बताया कि सैंपल का लगातार संग्रह कर जांच की जा रही है जामताड़ा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजित कुमार दूबे ने बताया कि कोरोना की रोकथाम को लेकर सतर्कता बरतना जरूरी है

इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर साठ दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है

देश में संक्रमित लोगों की संख्या छह लाख सत्तानवे हजार चार सौ तेरह हो गई है एक दिन में चार सौ पच्चीस लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या उन्नीस हजार छह सौ तिरानवे हो गयी है रांची जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मैरेज हॉल वैंक्वेट हॉल और सार्वजनिक स्थलों पर शादी विवाह या अन्य समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी है प्रशासन की ओर से वैंक्वेट हॉल प्रबंधकों को नोटिस भेजकर कार्यक्रम के प्रतिबंधित करने की सूचना दी गई है इसके साथ ही रांची शहर में धारा एक सौ चौवालीस लागू कर दी गई है

यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढे नौ बजे से सुना जा सकता है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

यह जानकारी पुलिस मुख्यालय की प्रवक्ता सह आइजी प्रोविजन सुमन ग्प्ता ने कल राजधानी रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में दी

श्रीमती गुप्ता ने कहा कि निर्भया फंड से महिला सहायता डेस्क को सुदृढ़ बनाया जाएगा उन्होंने बताया कि पुलिसकर्भियों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑपरेशन सम्मान शुरू किया गया है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की धनबाद टीम ने आज जिले के धनबार में पदस्थापित सीआई को जमीन म्यूटेशन के नाम पर पांच हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है एसीबी धनबाद के पुलिस अधीक्षक कुमार रविशंकर ने बताया कि सीआई के आवास की भी तलाशी ली जा रही है पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले बीस दिनों के अंदर चोरी की छह बड़ी घटनाए हुई हैं जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवानन ने बताया कि चोरी की घटना को रोकने के लिए एक टीम गठित की गई है इस टीम ने कल एक चोर को गिरफ्तार किया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़कर जमशेदपुर में हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं कंपनी के संस्थापक जसविन्दर सिंह ने बताया कि हमलोग साठ तरह के हर्बल उत्पाद तैयार कर रहे हैं खूंटी जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है इसे लेकर उपायुक्त ने जिले को अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं

इस मौके पर उनके साथी खिलाड़ी और क्रिकेट व अन्य क्षेत्र के अन्य दिग्गज उन्हें बघाई संदेश दे रहे हैं किकेटर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या आज रांची के सिमलिया स्थित फार्म हाउस में देर शाम आयोजित जन्मदिन कार्यक्रम में भाग लेंगे वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी महेन्द्र सिंह धोनी को जन्मदिन की श्रमकामना दी है धोनी ने भारतीय क्रिकेट को कई यादगार उपलब्धियां दी हैं हालांकि वह पिछले करीब एक साल से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं लेकिन उनके प्रशंसकों के लिए अब भी वह पसंदीदा खिलाड़ी हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने परीक्षाओं से संबंधित अपने पूर्व के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है सुरक्षा विद्यार्थियों की प्रगति और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने तय किया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन पूर्व के दिशानिर्देशों के मुताबिक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा यूजीसी ने यह भी तय किया है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओ की परीक्षा सितंबर में होगी जो कि पहले जुलाई में होनी थी झारखंड में मॉनसून दोबारा सक्रिय हो गया है राजधानी रांची डाल्टनगंज जमशेदपुर सहित राज्य के कई इलाकों में पिछले चौबीस घंटे के अंदर अच्छी बारिश हुई है रांची में कल तेरह मिलीमीटर बारिश हुई है और आज सुबह बारिश के बाद बादल छाए हुए हैं वहीं डाल्टेगंज में कल इक्कीस मिलीमीटर और जमशेदपुर में तेईस मिलीमीटर बारिश हुई है मौसम विमाग के अनुसार आज राज्य के उतरी जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है वहीं कुछ इलाकों में वजपात की भी संभावना है

आज सुबह उनका शव बरामद किया गया

पूछताछ के बाद आरोपी को जेल मेज दिया गया है

द्मका जिला स्थित बासुकीनाथ धाम में आज सावन के दूसरे दिन पुजारी ने पूजा अर्चना की राज्य सरकार की रोक के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई